प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बहुत से लोग अब भी लॉकडाउन का गंभीरता से नहों ले रहे हैं ट्वीट में उन्होंने लोगों से निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और स्वयं को तथा अपने परिवार को बचाने की अपील की है प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्यों से नियमों और कानूनों का पालन करवाने का अनूरोध किया है मेरा सभी देशवासियों से आग्रह यह भी है कि रूटीन चैकअप के लिए अस्पताल जाने की हमारी जो भी आदत रही हो उससे बचना जितना बच सके बचना मेरा सभी देशवासियों से यह आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकले जितना संभव हो सके आप अपना काम चाहे बिजनेस से जुड़ा हो आफिस से जुड़ा हो अपने घर से ही करें बीमारी से बचने और खुद के स्वस्थ्य बने रहने के लिए अनिवार्यता है वो है संयम और संयम का तरीका क्या है भीड़ से बचना घर से बाहर निकलने से बचना आज कल जिसे सोशल डिस्टेंससिंग कहा जा रहा है कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में यह सोशल डिस्टेंसिंग यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है

मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की

उन्होंने कहा कि भीड तथासंवेदनशील क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर भीड़ को नियंत्रित करे मुख्यमंत्री ने लोगों से कम से कम आवाजाही करने को कहा है उन्होंने यह भी कहा है कि चाहे वह किराए के मकान में रहते हों होस्टल में या किसी अन्य स्थान पर उन्हें अपना समय अपने घर में ही बिताना चाहिए मुख्यमंत्री ने प्रवासियों से भी कहा कि वे इन दिनों अपने मूल निवास स्थानों को जाने की योजना न बनाएं उन्होंने लोगों से यात्रा से यथासंभव बचने की भी अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हरसंभव उपाय कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य की तमाम सीमाएं सील कर दी गई हैं और राज्य में बाहर से बसों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है लेकिन उन्हें हर कीमत पर भीड़ जमा होने से बचना चाहिए

संवेदनशील क्षेत्रों में जिला प्रशासन को हम इस बात के लिये अधिकृत करेंगे कि जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक और सीएमओ यह इन बातों को तय कर लेंगे कि कहां पर कर्फ्यू लगानी है कहां पर हमें लॉकडाउन करके वहां पर यह व्यवस्थाएं देनी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक करोड़ पैसठ लाख गरीब और प्रवासी लोगों को एक महीने का राशन दिया जाएगा जिसमें बीस किलोग्राम गेह और पन्द्रह किलोग्राम चावल शामिल है उन्होंने कहा कि राज्य में पैंतीस लाख मजदूरों को एक हजार रुपये की सहायता राशि उनके खातों में भेज दी जाएगी सरकार ने जिला अधिकारियों को ऐसे गरीब लोगों को खाद्य वस्तुएं और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया है जो किसी भी सरकारी योजना के दायरे में नहीं आते उन्होंने व्यापारियों से भी आग्रह किया कि वे खरीदारों से ज्यादा दाम न लें मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को भी कहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत घातक नोवल कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी पर काबू पाने में पूरी तरह सक्षम है क्योंकि वह अतीत में भी चेचक और पोलियो का उन्मूलन कर चुका है विश्व स्वास्थ्य संगठन के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत ने लक्षित सार्वजनिक हस्तक्षेप के जरिये चेचक का खातमा करके विश्व को अनुपम उपहार दिया संगठन के कार्यकारी निदेशक मिशेल रयान न कल जिनेवा में संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत ने इसी तरह पोलिया का भी उन्मूलन किया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

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस समय प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए संचार साधनों का सुचारू रूप से काम करना अति आवश्यक है मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोरोना को देखते हुए मीडिया गतिविधियों से जुड़ी सभी संस्थाओं को सुचारू रूप से काम करने की सुविधा मिले इनमें केबल ऑपरेटर डीटीएच सेवाएं और सामुदायिक रेडिया भी शामिल हैं पत्र में कहा गया है कि मीडिया कर्मियों को ले जाने वाले वाहनों पर भी किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाये कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिये प्रदेश के सांसदों और विधायकों ने अपने निधि से प्रशासन को मॉस्क सैनेटाइजर और दवा इत्यादि खरीदने के लिये देने की पहल की है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है उन्होंने अपनी विधायक निधि से एक करोड़ रूपये इस वायरस के रोकथाम और बचाव में किये जा रहे प्रयासों पर खर्च करने को कहा है बाइट कोरोना रूपी संक्रमण के कारण देश ही नहीं प्ररा विश्व संकट के दौर से गुजर रहा हैं इस संकट से बचाव का एकमात्र रास्ता है कि हम अपने घरों पे रहे सरकार जो भी निर्णय ले रही है आपको आपके परिवार को देश प्रदेश को बचाने के लिये ले रही है इसमें सहयोग हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले जरूरत की चीजों को खरीदने के लिये दुकाने खुली हुई है लेकिन बाकी सब बंद रखने का सरकार ने निर्णय किया है आपका सहयोग इस बीमारी पर विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी जो विधायक के नाते जो विधायक निधि मिलती है उस विधायक निधि से एक करोड़ रूपये जिसमें अलग अलग जिलों को यह निधि के माध्यम से धनराशि जारी की जा रही हैं वहां के जिलाधिकारी और वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी अपने विवेक के अनुसार इस धनराशि को खर्च करेंगे जो करोनो रूपी संक्रमण से निपटने के लिये जरूरी है बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र बस्ती म कोरोना वायरस के रोकथाम और बचाव के लिये बीस लाख रूपये खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की है इसी क्रम में पीलीभीत प्रतापगढ़ जौनपुर जिलों में भी कई विधायकों ने प्रशासन को दस लाख रूपये देने को कहा है

उन्होंने कहा कि अगर जनता लॉकडाउन में सहयोग नहीं करती है तो कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है और जानकारी हमारे संवाददाता की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार इस खतरनाक वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

एडीजी असीम अरूण ने आकाशवाणी में विशेष बातचीत में कहा कि इसके साथ ही इन गाड़ियों के जरिए मुसीबत में फंसे लोगों को खाना भी पहुंचाया जा रहा है

मुख्यमंत्री जी ने हमसे अपेक्षा की है कि ऐसे लोग जो घरों में अकेले है बीमार है कोरोना से या किसी अन्य बीमारी से अगर परेशान है तो उनकी मदद की जाये और आदेश मिलते है इस प्रकार हमने मदद करना शुरू भी कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था तब से अब तक लगभग साढ़े चार सौ इस प्रकार मदद मांगी और उनकी मदद पुलिस ने की भी